उन्होंने मास्क के अनिवार्य उपयोग और दो गज की दूरी बनाये रखने के संबंध में आम जनता को विशेष रूप से जागरूक करने के निर्देश दिये संयुक्त इंजीनियंरिंग भर्ती परीक्षा जेईई मेन्स और चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट यूजी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सिंतबर में आयोजित की जाएंगी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स और राष्ट्रीय पात्रता और स्नातक स्तर की प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए परीक्षा केन्द्रों की संख्या काफी बढ़ा दी है

शिक्षामंत्री मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है

पहली उसकी सुरक्षा उसके बाद उसकी शिक्षा और सुप्रीप कोर्ट का भी हमको सम्मान करना है और उन अभिभावकों को जो अभिभावक लगातार हम पर दबाव बनाए हुए है

तो मुझे निवेदन करना है सभी से कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भी हमको सम्मान करना चाहिए और बच्चों का एक वर्ष खराब न हो भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जेईई मेन्स और नीट की परीक्षा सितम्बर माह में करवाये जाने की सराहना की है उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं के आयोजन से इंजीनियरिंग और मेडिकल संवर्ग के लाखों युवाओं का करियर प्रभावित नहीं होगा उन्होंने कांग्रेस शासित और गैर भाजपा शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा इस समय परीक्षा न आयोजित किये जाने की आलोचना की है तथा इसे छात्र विरोधी कदम बताया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और संदेश देने को कहा है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

लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में हरदोई रोड पर आज सुबह विपरीत दिशा से आ रही दो बसों के आपस में टकराने से छह लोगों की मौत हो गई और दस अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक प्रकट करते हुए घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिये हैं वहीं कुशीनगर जनपद के पडरौना क्षेत्र में एक आटो तथा अन्य वाहन की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गइ तथा सात अन्य घायल हा गये प्रदेश में हो रही वर्षा तथा ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से पानी आने के कारण नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और कई जनपद बाढ़ से प्रभावित है

प्रभावित जनपदों के नाम है अम्बेडकर नगर अयोध्या आजमगढ़ बहराइच बलिया बाराबंकी बस्ती देवरिया फर्रूखाबाद गोण्डा गोरखपुर कासगंज लखीमपुर खीरी कुशीनगर मऊ संतकबीरनगर शाहजहांपुर श्रावस्ती तथा सीतापुर शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं सरयू नदी बाराबंकी एल्गिनब्रिज और अयोध्या तथा बलिया के तुर्तीपार में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को हुई क्षति का सर्वे कराकर किसानों को शीघ्र ही कृषि निवेश अनुदान देन के निर्देश दिये हैं

इस दौरान मौसम विभाग ने अगले चार पांच दिन राज्य में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिम की अपेक्षा बारिश का प्रभाव अधिक रहने के आसार है सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है डिजिटल भूगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है

अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा है कि अधिक मूल्य के इन नोटों का चलन घट रहा है